विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बजट की कमियां गिनाई सत्ता पक्ष ने बजट को बताया सर्वहितैषी

कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ महंगाई व बेरोजगारी को लेकर शिमला में किया विरोध प्रदर्शन

शिमला में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में आज प्रश्नकाल में माकपा के राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही सरवीन चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है यही टास्क फोर्स नई शिक्षा नीति को लागू करने और अर्ली चाइल्डहुड केयर तथा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए औपचारिकताओं को अंतिम रूप देगी

विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के जवाब में सरवीन चौधरी ने कहा कि कोविडकाल में जगह जगह स्वास्थ्य विभाग और उपायुक्तों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोविड ड्यूटी पर लगाया गया था लेकिन इन्हें विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया गया और न ही देने का विचार है हालांकि चार जिलों बिलासपुर कांगड़ा सिरमौर और सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें इंसेंटिव दिया है

इस स्टे के हटते ही बोर्ड में जेई की कमी काफी हद तक दूर होगी विक्रमादित्य सिंह के ही एक अन्य सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पंचायत चौकीदारों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है

चर्चा में विपक्षी दल कांग्रेस ने जहां बजट की कमियां गिनाई और इसका विरोध किया वहीं सत्ता दल भाजपा के सदस्यों ने बजट को सर्वहितैषी बताया

रमेश धवाला ने प्रदेश सरकार को फिजूलखर्ची पर तुरंत अंकुश लगाने और अफसरशाही की जवाबदेही तय करने का भी सुझाव दिया कांग्रेस के रामलाल ठाकुर ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए खैर के अवैध कटान का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों का कटान हो रहा है उन्होंने खेल विभाग में कोच के खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की भी मांग की

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार का अधिकांश पैसा गैर विकासात्मक गतिविधियों और ऋण लौटाने पर ही खर्च हो रहा है उन्होंने बजट को दिशाहीन बताते हुए इसका विरोध किया चर्चा में कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान और भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर ने भी हिस्सा लिया मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मोबाईल किचन हिम अन्नपूर्णा फूड वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित इस फूड वैन में पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे उन्होंने कहा कि फूड वैन को पायलट आधार पर शिमला से रवाना किया गया है और भविष्य में अन्य ज़िलों में भी इसे शुरू किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला से वन अग्नि रोकथाम जागरूकता वाहनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया

सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कालेज चंबा में भर्ती करवाया गया है ये बस तीसा के बोंदेड़ी से चंबा जा रही थी

दुर्घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा उपाध्यक्ष व स्थानीय विधायक हंस राज घटना स्थल के लिए रवाना हो गए

मुख्यमंत्री वक्तव्य मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से इस दुर्घटना की जानकारी दी उन्होंने कहा कि दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और स्थानीय प्रशासन को घायलों की हर संभव मदद करने को कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी घायल को इलाज के लिए दूसरे स्थान या प्रदेश से बाहर ले जाना होगा तो सरकार इसमें भी मदद करेगी उन्होंने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त की मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है अनराग ठाकर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर टैरिटोरियल आर्मी में पदोन्नत होकर कैप्टन बन गए हैं

उन्होंने इस उपलब्धि को भारतीय सेना व देशवासियों को समर्पित किया है अनुराग ठाकुर ने खुशी जताते हुए कहा कि देश में जब भारत मां पुकारेगी तब न केवल भाषण दूंगा बल्कि वीर सैनिकों के साथ देश की सेवा करूंगा इस बीच पदोन्नत होने के बाद अनुराग ठाकुर ने संसद भवन जाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की उन्होंने अनुराग ठाकुर की इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की कांग्रेस जनसभा प्रदेश कांग्रेस ने आज भाजपा सरकार के खिलाफ शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेदकर चौक पर एक रैली का आयोजन किया रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि अच्छे दिनों के सपने दिखाकर सत्ता में आई भाजपा ने आज देश को महंगाई और बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश व प्रदेश में विकास का पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और कोविड संकट काल में कोई राहत नहीं दी गई विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया अधिसुचना राज्य निर्वाचन आयोग ने टुट् चौपाल व धर्मपुर विकास खंडों में प्रधान पद के चुनावों की अधिसूचना आज जारी कर दी है इसके तहत शिमला जिले के दो विकास खण्डों ट्रूटू व चौपाल और मंडी जिले के धर्मपुर विकास खण्ड तथा हाल ही में गठित पंचायतों में हुई आकस्मिक रिक्तियों के निर्वाचन के लिए मतदान होगा